इसके बाद चार और प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी जिसमें से पहली प्रक्रिया कल की जाएगी ताकि चन्द्रयान चन्द्रमा की सतह से सौ किलोमीटर की कक्षा में पहुंच सके चन्द्रयान के साथ गए लैंडर और रोवर इस चरण में ऑरबिटर से अलग हो जाएंगे और सात सितम्बर को चन्द्रमा के दक्षिण ध्र्व की सतह पर उतरेगा इसे इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है

लैंडर विक्रम का चन्द्रमा की सतह पर उतरने के बाद भारत रूस अमरीका और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जायेगा

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी शेयर धारकों और निर्माण उद्योग को आगे आना होगा

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी

इसके अलावा उसके पिता एवं मोजेर बियर कंपनी के प्रोमोटर दीपक पुरी माता नीता पुरी और अन्य के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है सीबीआई अधिकारियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर दिल्ली में कई स्थानों पर छापे भी मारे हैं बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंक से भारी मात्रा में धन आहरण के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था

चिदम्बरम दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी आज खारिज कर दी

न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया था चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के तीन सौ पचास करोड़ रूपये संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं यह सौदे उस समय के हैं जब वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्री थे और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के तहत मंजूरी दी थी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्री चिदम्बरम ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है जिसमें उसने कहा है कि मद्रास बम्बई और मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालयों में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़ने की उपभोक्ताओं की मांग से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाये

न्यायालय ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जायेगा शीर्ष अदालत को तमिलनाड् सरकार ने कल बताया था कि फर्जी अपमानजनक राष्ट्र विरोधी और आतंकी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़े जाने की आवश्यकता है फेसबुक राज्य सरकार के सुझाव का इस आधार पर विरोध कर रही है कि बारह अंकों की आधार संख्या वाली विशिष्ट बॉयोमेट्रिक पहचान को साझा करने से उपभोक्ताओं की निजता नीति का हनन होगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह करेंगे इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को नये परिवेश से जुड़ने में मदद करना उनके साथी छात्रों और शिक्षकों के साथ संबंध विकसित करना सामाजिक प्रासंगिकता के विभिन्न मुद्दों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना और उनमें मानवीय मूल्यों को आत्मसात करना है जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें कार्यशाला में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के दो सौ से अधिक शिक्षक भाग लेंगे

इस मौके पर आज से प्रदेशभर में विभिन्न चरणों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी सभाओं में पंचायत राज की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी वहीं गांवों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिये सद्भावना रैली के आयोजन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज भोपाल के रवीन्द्र भवन में युवा संकल्प वर्ष कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने बदलते विश्व के साथ नई पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कांति पैदा की इसके लिये पूरा देश उन्हें जीवन पर्यन्त याद रखेगा वहीं राजधानी भोपाल सहित राज्य के देवास उमरिया शाजापुर नीमच शहडोल विदिशा रायसेन खंडवा और अन्य जिला मुख्यालयों पर सद्भावना दौड़ के आयोजन के साथ ही सद्भावना की शपथ भी दिलाई गई

जबलपुर सागर रीवा और शहडोल संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सो में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है राजधानी भोपाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है